कल रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने अगले पांच वर्षों में भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बन गया है प्रधानमंत्री ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सरकार के विभिन्न उपायों की भी जानकारी दी

केन्द्र सरकार ने यह लक्ष्य निर्घारित करते हुए स्पष्ट किया है कि बाद में इसे बढ़ाकर शत प्रतिशत कर दिया जायेगा ब्राजील में मातू दुग्ध बैंक की सफलता से प्रेरित होकर भारत ने भी ऐसा ही व्यापक नेटवर्क बनाने का फैसला किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अशिवनी चौबे ने ब्राजील में ब्रिक्स देशों के स्वा्स्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन से लौटने के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी

इसकी अध्यक्षता केबिनेट सचिव राजीव गोबा करेंगे यह समिति कम्पनियों को वित्तीय राहत देने के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क में कटौती के साथ साथ मुफ्त कॉल और सस्ते मोबाईल डेटा के दौर को खत्म करने की सिफारिश कर सकती है

प्रदेश भाजपा अध्य्क्ष सतीश पूनिया ने बताया कि निकाय के लिए प्रत्याशियों के चयन का काम एक नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा

भरतपुर के पहसर गांव के पास आज एक मोटरसाईकिल के पेड से टकरा जाने के कारण एक ही परिवार के दो लोगों की मृत्यू हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये उधर बाडमेर जिले में तीन सडक हादसों में तीन ैलोगों की मत्य हई वहीं बांसवाडा के भोयनघाटी में एक कार और मोटरसाईकिल की टक्कर में एक दम्पत्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गये जबकि करौली गंगापुर सडक मार्ग पर कड़गांव के पास रोडवेज बस की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार दो युवकों की मृत्यु हो गई जैसलमेर के मोहनगढ में कल देर रात पानी की डिग्गी में गिरने से एक युवक की मृत्यु की खबर है

र्मेले में भाग लेने के लिए पश्पपालक अपने पश्ओ के साथ आ रहे है पश्पपालन विभाग ने पश्थओं और पश्पालकों की सुविधा के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं

इससे टिकट रिफंड प्रक्रिया अधिक सुगम बन सकेगी